सोलर ऊर्जा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सौर ऊर्जा भविष्य की नहीं अब वर्तमान की ऊर्जा बन गई है मध्यप्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पूरे देश में पहचान बनाई है

एक करोड़ बीस लाख रुपये लागत से स्थापित इस संयंत्र में बिजली बनना शुरू हो गया है श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिये सोलर एनर्जी एकमात्र प्रभावी विकल्प है शासकीय भवनों में सोलर पैनल से सौर ऊर्जा उत्पादन करने का काम शुरु हो गया है चुनाव रदद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार की अपील पर नगरपालिका परिषद अनूपपुर सहित नगर परिषद सांची नरवर भैंसदेही और चुरहट के आम चुनाव स्थगित किये जानकारी के अनुसार कल इन नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए तारीख घोषित की गयी थी लेकिन राज्य शासन द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि अब तक इन नगरीय निकायों के वाड़ों के आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में नहीं हो पाया है इस आधार पर आयोग से निर्वाचन कार्यक्रम को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पत्रों के परीक्षण के बाद निर्णय लिया गया कि इन नगरीय निकायों के आम निर्वाचन स्थगित कर दिये गए हैं शेष नगरीय निकायों के उप निर्वाचन एवं अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया यथावत रहेगी मुयख्मंत्री फांसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि मासूम बालिकाओं से दुष्कर्म मामलों में दुराचारियों को फांसी की सजा सुनिश्चित करवाई जाये इसके लिये प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग की जाये श्री चौहान ने आज मंत्रालय में हुई कानून व्यवस्था संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिये बैठक में मुख्य सचिव बीपी सिंह और पुलिस महानिदेशक आरके शुक्ला भी उपस्थित थे भाजपा दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता डॉ दीपक विजयवर्गीय ने आज प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में दृष्टि पत्र तैयार करने के लिए समाज के हर क्षेत्र से सुझाव प्राप्त करने के लिए समितियों का गठन कर दिया गया है

दृष्टि पत्र सभिति के संयोजक विक्रम वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और चुनाव प्रबंधन सभिति के प्रमुख नरेन्द्रसिंह तोमर से सलाह कर संभागीय समितियां और चर्चा समूह गठित किए है

इससे जनता में पार्टी का सीधा संवाद होगा जिससे दृष्टि पत्र की दिशा और दशा तय करने में सहायता मिलेगी

स्किल पार्क में प्रवेश के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरूआत आज तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री दीपक जोशी ने की उन्होंने पार्क की वेबसाइट का लोकार्पण किया श्री जोशी ने आईटीआई पास पूजा मेढ़े और संदीप पवार को मौके पर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद प्रवेश पर्ची प्रदान की

कक्षाएँ ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी केम्पस गोविंदपुरा में लगेंगी एक भारत श्रेष्ठ भारत इंडिया दूरिज्म इंदौर ने मणिपूर और नागालैंड के पर्यटन विभागों के साथ मिलकर भोपाल में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में नागालैंड और मणिपुर के कलाकारों ने अपनी संस्कृति का परिचय दिया इस कार्यक्रम के दौरान इन सभी राज्यों के दूर आपरेटर को परस्पर मिलने और अपने अपने राज्यों से संबंधित पर्यटन पैकेज को लेकर विचार विमर्श किया गया कार्यक्रम में नीला लॉड जितेन्द्र जाधव नागालैंड की अखाले विज़ौल मणिपुर के एम कपाजीत सिंह सहित विभिन्न अधिकारी और टूर आपरेटर शामिल हुये गेहलोत केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत कल आगरमालवा आएगें अपने प्रवास के दौरान श्री गेहलोत आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में विद्युत मंडल द्वारा आयोजित बिजली बिल माफी प्रमाण पत्रों का वितरण कार्यक्रम में शामिल होगें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे वे जावरा से पूरे प्रदेश के हितग्राहियों को संबोधित करेंगे जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्री परिषद के सदस्य शामिल होंगे श्री चौहान कल शाजापुर जिले के कालापीपल में होने वाले बीमा दावा राशि प्रमाण पत्र वितरण समारोह एक सौ सत्रह करोड़ रूपये के अधिक लागत के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे श्री चौहान ने सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की उन्होंने कहा कि ग्यारह जुलाई के बाद बिजली बिल माफी और पंजीयन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी

पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सेवाएँ दी जायेंगी भारत सरकार ने कुल प्रजनन दर तीन या तीन से अधिक वाले प्रदेश के पच्चीस जिलों में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है रेलवे पश्चिम मध्य रेल पर लिए जा रहे यातायात ब्लॉक के कारण आगामी दिनों में छह गड़ियां निरस्त की गई हैं रेलवे द्वारा आज भोपाल में जारी विज्ञप्ति के अनुसार रेल ट्रेक के रख रखाव के लिए यातायात ब्लॉक लिया जा रहा है

टीकमगढ़ जिले की सभी तहसील निवाड़ी ओरछा और पृथ्वीपुर को मिलाकर नया जिला निवाड़ी बनाया जा रहा है इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है

मौसम मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से सतर्क रहने और किसी के विषम परिस्थिति में फंसने पर उसकी हर संभव मदद करने की अपील की है